भारत ने पाकिस्तान से करतारपुर गलियारे बारे अटारी में हुई पिछली बैठक में रखे गए प्रमुख प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा कांग्रेस अध्यक्ष राह्ल गांधी ने आज यमुनानगर में जन रैली को सम्बोधित किया और कांग्रेस की परिवर्तन रैली में शामिल हये

भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अरूण जेटली ने आज कांग्रेस द्वारा हिन्दुस्तान आतंकवाद शब्द गढ़े जाने की आलोचना की है और कहा कि ये एक साजिश थी

समझौता मामले में जांच कर रही विशेष अदालत ने कल कहा कि मुलजिमों के खिलाफ इल्जामों को साबित करने में एजेंसी पूरी तरह नाकाम रही है

नयायाधीश एस ए बोबडे और एस अब्द्रल नज़ीर की पीठ ने आज विशेष जांच दल दवारा पचास प्रतिशत से अधिक काम के पूरा किए जाने की जानकारी दिए जानेपर और जांच पूरी करने के लिये दो माह के समय की दल की मांग को सुनाते ह्ये समय में बढ़ोतरी के आदेश दिए

भारत ने पाकिस्तान से करतारपुर गलियारे बारे अटारी में हई पिछली बैठक में रखे प्रम्ख प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा है विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने उन खबरों पर भी पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है कि करतारपुर गलियारे से सम्बधित पाकिस्तान में गठित समिति में कुछ विवादित लोगों को शामिल किया गया है भारत द्वारा पाकिस्तान को ये भी स्प्ष्ट कर दिया गया है कि आगामी तौर तरीकों पर बैठक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आने के बाद ही सही समय देखकर तय की जायेगी बहरहाल गलियारे के लिये आधारभूत संरचना के विकास को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के लिये भारत ने मध्य अप्रैल में तकनीकी विशेषज्ञों की एक बैठक रखे जाने का भी प्रस्ताव रखा है विदेश मंत्रालय ने एक प्रैस विज्ञाप्ति में कहा है कि भारत अपने तीर्थ यात्रियों की गुरूद्वारा करतार पुर साहिब की यात्रा की लम्बित मांग को सुगम व सुरक्षित तरीके से साकार करने के लिये प्रतिबद्व है सरकार ने गलियारे की चर्चा को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाना चाहती है सूत्रों के अन्सार भारत दवारा ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि गलियारे के मुददे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या प्रोपेगंडा के लिये नहीं होना चाहिए सूत्रों के अन्सार भारत उसके द्वारा उठाये गये सुरक्षा सम्बधी सवालों पर पाकिस्तान की सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करता है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज यम्नानगर में एक जन रैली को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की उन्होंने कहा कि न्यय एक ऐतिहासिक फैसला है कि जिसने प्रधानमंत्री को चिंता में डाल दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नकद हस्तातंरण का विचार अच्छा लगा और उन्होंने कांग्रेस के विदवानों को ये वात पता लगाने को कहा कि गरीबों के खाते में कितना पैसा सरकार दवारा सीधे हस्तांतरित कियाजा सकता है इस तरह न्याय योजना अस्तित्व में आई

उन्होंने प्रधानमंत्री पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया राहल गांधी ने अपने भाषण में राफेल का जिक्र भी किया और कहा कि इस सरकार के फैसले के कारण ये मेक इन इंडिया नहीं मेक इन फ्रांस है उन्होंने भाजपा सरकार पर यमुनानगर पाप्लर उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगाते हये कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों को फसलों का वाजिब दाम दिया जायेगा रैली में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अक्रम खान को कांग्रेस में शामिल होनेपर स्वागत किया गया श्री गांधी ने प्रदेश के उत्तरी पट्टी के दौरो पर है उन्होंने यमुनानगर के रादौर मे एक रोड शो भी निकाला रादौर से परिवर्तन यात्रा में शामिल हये राहल गांधी लाडवा पहंच गये है जहां वे एक और जन रैली को सम्बोधित करेंगे सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय महिला एवं बाल महिला मंत्री कविता जैन ने कहा है कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी डिजीटल माध्यम से परसों देश भर में एक करोड़ लोगों से संवाद स्थापित करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश मे हर जिला मुख्यालय पर ये आयोजन होगा और सोनीपत में इस कार्यक्रम के लिये गीताजंति गार्डन का स्थान निश्चित किया गया है मै भी चौकीदार अभियान पर पत्रकारों से रूबरू होते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर उस व्यक्ति को चौकीदार बताया था जो गरीबी भ्रष्टाचार गदंगी आतंकवाद और अन्य सामाजिक ब्राइयों का डटकर सामना कर रहा है कांग्रेस ने इस पर ऐतराज उठाया और अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग न केवल प्रधानमंत्री अपित् देश के हर व्यक्ति के लिये किया जो देश् हित में काम कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत छ करोड़ और हरियाणा में आठ लाख बीस हजार बहनों को लाभ मिला है उन्होंने कहा कि देश में बतीस करोड़ लोगों को जन धन योजना से बैकिंग प्रणाली में लाने का काम किया है उन्होंने कहा कि मातृ वंदना योजना मुद्रा योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज लोगों के लिये वरदान साबित हो रहा है

भारत का अगला म्काबला कल कोरिया से होगा हरियाणा में लोकसभा च्नाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिये अधिकारी लगातार काम करे है

इसी तरह अम्बाला की जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिये प्रत्याशियों को सैक्टर आठ और नौ को हडडा ग्राउंड व प्रानी अनाज मंडी में स्थान निर्धारित किए गये है इसी तरह अम्बाला छावनी में अम्बाला जगाधरी रोड पर गांधी मैदान दश्हरा मैदान में भी प्रत्याशी रैलियां कर सकेंगे इसके लिये प्रत्याशियों को आन लाइन अन्मति लेनी होगी पलवल के जिला निर्वाचन अधिकारी डा मनी राम शर्मा ने हथीन विधानसभा क्षेत्र मे संवदेनशील व अति संवदेनशील मतदान केन्द्रों का दौरा किया और आवश्यक इंतजामों को जायज़ा लेते हये मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए उन्होंने बताया कि च्नाव के दौरान मीडिया निगरानी के लिये इलैक्ट्रोनिक मीडिया निगरानी केन्द्र को सौंपने का निर्णय लिया गया है ये केनद्र च्नाव के दिन व उससे पहले सभी अंग्रेजी और क्षेत्रीय चैनलों पर नज़र रखेगा हरियाणा में आज मौसम श्रष्क रहा लेकिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कल एवं परसो क्छ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ेन और हल्की बारिश होने की संभावना है प्रदेश में दिन और रात के तापमान मे कोई बदलाव नहीं आया है